इस फैसले की काफी समय से प्रतीक्षा थी आधार योजना की संवैधानिक वैधता और इस लागू करने संबंधी दो हजार सोलह के कानून को चुनौती देने संबंधी याचिकाओं पर न्यायालय ने यह फैसला दिया प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने व्यवस्था दी कि आधार योजना का उद्देश्य समाज के बेहद पिछड़े वर्गो तक लाभ पहुंचाना है क्योंकि विशिष्ट पहचान प्रमाण इन वर्गो को सशक्त बनाता है और इन्हें पहचान देता है न्यायालय ने कहा कि यह योजना अनूठी है तथा सर्वश्रेष्ठ होने से अनूठा होना कहीं अच्छा है न्यायालय ने आधार अधिनियम की धारा सत्तावन समाप्त कर दी जिसके तहत निजी कम्पनियां आधार डाटा मांग सकती थी लेकिन न्यायालय ने कहा कि सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ लेने के लिए विशिष्ट पहचान संख्या जरूरी होगी

न्यायमूर्ति सीकरी ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके डाटा सुरक्षा की सशक्त व्यवस्था बनाई जानी चाहिए उन्होंने यह भी कहा कि आधार योजना के तहत नाम दर्ज कराने के लिए यू आई डी ए आई ने बहुत कम डेमोग्राफिक और बायोमीट्रिक डाटा एकत्र किया है न्यायालय ने कहा कि डुप्लीकेट आधार प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि आधार योजना के तहत प्रमाणीकरण के लिए समुचित सुरक्षा तंत्र है न्यायालय ने कहा कि आधार कार्ड में ऐसा कुछ नहीं है जिससे व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन होता हो उच्चतम न्यायालय ने आज फैसला दिया कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एससी एसटी के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण को लाभ देने संबंधी दो हजार छ के न्यायालय के फैसले को सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजने की जरूरत नहीं है केन्द्र की ओर से पेश हए अटॉर्नी जनरल केकेवेणुगोपाल ने एससी एसटी कर्मचारियों को आरक्षण का लाभ देने के पेक्ष में जोरदार दलील दी और कहा कि उनके पिछड़ेपन को ही आरक्षण का आधार माना जाए वित्त मंत्रालय ने वित्तीय समावेशन के एक हिस्से के रूप में मोबाइल एप जन धन दर्शक की शुरूआत की है इस एप के जरिए आम लोग देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित बैंकों और डांकघरों तथा अन्य वित्तीय सेवा स्थलों का पता लगा सकेंगे वित्तमंत्रालय में वित्तीय सेवाएं विभाग और राष्ट्रीय सूचना केन्द्र एनआईसी ने मिलकर इस विशिष्ट जन धन दर्शक एप को विकसित किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि वह गो सेवा के प्रति संकल्पित हों हर परिवार कम से कम एक एक गाय के पालन पोषण की जिम्मेदारी जरूर ले उन्होंने कहा कि प्रदेश में चार करोड़ गाय है और तेईस करोड़ जनता ऐसे में पांच लोगों के बीच एक गाय का दायित्व आता है और इस दायित्व को समझना हर परिवार की जिम्मेदारी है इससे न केवल देश का प्रतीक गोवंश सुरक्षित रहेगा बल्कि समृद्धि का रास्ता भी खुलेगा मुख्यमंत्री आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में ब्रह्मलीन महंत दिविजयनाथ तथा महंत अवेद्यनाथ की पुण्यतिथि समारोह में आयोजित संगोष्ठियों के क्रम में भारतीय संस्कृति में गो सेवा का महत्व्य विषय पर संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार हर जनपद में एक गौ सदन का निर्माण करने जा रही हैं इसमें पांच हजार से दस हजार गोवंश के पशु रखे जा सकेंगे

इससे खेती उपजाऊ ही नही बल्कि उत्पादन क्षमता भी कई गुना बढ़ जाती है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की तीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया

रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेशों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा इस महीने की छब्बीस तारीख तक फोन लाइनें खुली रहेंगी उत्तर प्रदेश खादी एंव ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा दो दशक पूर्व गोरखपुर जिले में संस्था समितियों व्यक्तिगत इकाइयों को सीबीसी ऋण योजना के अन्तर्गत ऋण वितरित किया गया था उन बकायेदारों के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से महात्मा गांधी जी की एक सौ पचासवीं जयंती के अवसर पर एक मुश्त समाधान योजना पन्द्रह अगस्त दो हजार अट्ठारह से आगामी छः माह के लिए लागू की गयी है जिसके तहत निर्धारित तिथि के पूर्व बकाये ऋण को एकमुश्त जमा कराने पर ऋण पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के माफी का प्राविधान किया गया है यद्यपि बकायेदारों को केवल मूलधन तथा सामान्य ब्याज ही जमा करना होगा